कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऊर्जा मंत्री आरकेसिंह से मुलाकात कर इस परियोजना के बारे में उन्हें विस्तृत जानकारी दी और उनसे लोकार्पण कार्यकम में शामिल होने का आग्रह किया

केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम में शामिल होने की अपनी सहमति देते हुए ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अन्य विषयों पर हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया सैनिक स्कूल प्रदेश के चंबल क्षेत्र में जल्द ही सैनिक स्कूल खोला जायेगा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली मे केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात के बाद बताया कि यह मांग काफी अरसे से लम्बित है उन्होंने बताया कि सैनिक स्कूल के लिए राज्य सरकार ने जमीन भी चिन्हित कर ली है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में सैनिक स्कूल खुलने से यहाँ के युवा न केवल जवान बनकर निकलेंगे बल्कि सेना में अधिकारी बनकर देश की सीमाओं की रक्षा भी करेंगे

वहीं राज्य भर में कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के प्रयासों के अच्छे नतीजे सामने आ रहे हैं और राज्य में ऐसे रोगियों की संख्या लगातार घट रही है

घर घर सर्वे के साथ चिन्हित हो रहे रोगियों के उपचार की व्यवस्थायें भी सुनिश्चित की जा रही हैं आधिकारिक जानकारी के अनुसार अभियान से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों के साथ आम नागरिक भी सहयोगी की भूमिका निभा रहे हैं

सर्वे अभियान अंतर्गत कोरोना लक्षण वाले मरीजों के साथ अन्य मौसमी बीमारियों के लक्षण वाले रोगियों को भी चिन्हित कर उनका उपचार किया जा रहा है

राज्य शासन ने इस अभियान में चिन्हित हो रहे संभावित कोरोना रोगियों की जांच के साथ उचित उपचार की व्यवस्था के निर्देश दिये है साथ ही कहा है कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

कोरोना संक्रमण को देखते हुए कम लोग ही इसमें षामिल हो सकेंगे

सावन माह की षुरुआत के साथ ही इंदौर जिले में भगवान शिव की आराधना का पर्व षुरू हो गया है उज्जैन में प्रतिवर्ष सावन सोमवार को महाकाल की सवारी निकाली जाती है कोरोना के चलते शारीरिक दूरी के साथ आज शाम चार बजे महाकालेश्वर मंदिर से क्षिप्रा नदी के तट तक सवारी निकाली जायेगी

केवल पुजारी ही यहां पूजा पाठ और अभिषेक कर सकेंगे

इस अवसर पर श्रद्धालु शारीरिक दूरी का पालन कर पूजापाठ कर रहे हैं प्रवासी रोजगार प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सेतु पोर्टल प्रारंभ किया गया

आंगनबाड़ी ऑनलाइन इंदौर जिले में आंगनवाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने लिए अब ऑनलाइन निगरानी की जाएगी

आंगवाड़ी कार्यकर्ता केंद्र पर पहंचकर मोबाइल एप से अपनी फोटो खींचेंगी इसके साथ ही उनकी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज हो जाएगी मौसम प्रदेश में बारिश का दौर जारी है राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के कई हिस्सों में रूक रूक कर बारिश हो रही है

रीवा और शहडोल संभाग के कई जिलों में और छिंदवाड़ा सिवनी बालाघाट बैतूल खरगोन धार रतलाम गुना अशोकनगर नरसिंहपुर जबलपुर उज्जैन होशंगाबाद देवास शाजापुर आगरमालवा और मंदसौर में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी दी है

इस अवसर पर मछुआ कल्याण संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार भी होगा